प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चार बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनलॉक चरण में अधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया था केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति दी है नए दिशा निर्देश पहली जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्व तरीके से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है

गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकृद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में बाकी सभी कार्य किए जा सकेंगे विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है

जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवाजाही सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा दिशा निर्देश के अनुसार इलाके पर निर्भर दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ पाँच से अधिक लोग रह सकते हैं

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी

पिछले चौबीस घंटे में तीन कोरोना संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है

इस समय देश में दो लाख दस हजार एक सौ बीस मरीजों का इलाज चल रहा है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

इनमें से ज्यादातर चीनी मोबाइल एप हैं सरकार ने जिन एप्स पर प्रतिबंध लगाया है उनमें टिक टॉक शेयर इट वी चैट एमआई वीडियो कॉल समेत अन्य शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि ये एप देश की संप्रभुता एकता सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त हैं आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुक तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण एप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने कहा है कि उसके पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्य है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा दो हजार सोलह में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुषंसा की मंजूरी प्रदान कर दी है इसके साथ ही इन नये अधिकारियों की नियुक्ति का मार्ग प्रषस्त हो गया है

पाकुड़ जिले में आदिवासी महिला किसानों ने सैकड़ो क्विंटल अड़हर दाल का उत्पाद कर आर्थिक संबक्तीकरण की नई राह तैयार की है ये महिलाएं लोकल को वोकल बनाने की दिषा में भी आगे बढ़ रहीं हैं

रांची और खुंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक एरिया कमांडर सहित चार सकिय सदस्य को गिरफ्तार किया है रांची के ग्रामीण एसपी नौषाद आलम ने बताया कि पिछले दिनों कांके थाना क्षेत्र में हई लूटपाट की घटना के अनुसंधान के कम में पीएलएफआई के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है उधर खंटी जिले के जिलींगा बाजार के पास से पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर मांगो मुंडा के अलावा धीरज मुंडा को गिरफ्तार किया है उनके पास से हथियार और गोलियां भी बरामद की गई है इधर पष्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना अन्तर्गत उदल खांउ पहाडी पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड की खबर है देर रात तक जारी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है मुठभेड़ के बाद चलाए गये सर्च अभियान में नक्सलियों के हथियार और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं झारखंड को राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है

हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी षुरू कर दी गई है

उपायुक्त वरुण रंजन कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हये इस खास दिन को सादगी से मनाने का निर्णय लिया है

अब यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या दो हो गई है

उन्हें कल षाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है

एक अन्य घटना में ऑटो के पलट जाने से एक महिला की भी मौत हुई है